इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान दिवस पर आज राष्ट्रपति भवन से भारत के संविधान की प्रस्तावना का पाठ कराया जिसे दूरदर्शन द्वारा प्रसारित किया गया और इसमें देश के विभिन्न भागों से लोग शामिल हुए अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के अस्सीवें सम्मेलन में भाग ले रहे अधिकारियों ने भी राष्ट्रपति के साथ पाठ किया संक्षिन दिक्स देशभर में राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है छब्बीस नवंबर उन्नीस सौ उन्चास को देश की संविधान सभा ने वर्तमान संविधान को विधिवत रूप से अंगीकार किया था और जिसे छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ पचास को लागू किया गया प्रदेश में भी राजभवन के अधिकारियों और कर्मचारियों ने संविधान दिवस के मौके पर कर्तव्य पालन की शपथ ली प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत अब आतंकवाद से निपटने के लिए नई नीतियां अपना रहा है गुजरात के केवडिया में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज अस्सीवें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत छब्बीस नवम्बर आतंकी हमले के घावों को नहीं भूल सकता प्रधानमंत्री ने इस हमले में मारे गये लोगों को श्रद्वांजलि दी इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान की कई विशेषताएं हैं लेकिन इन सब में एक खास विशेषता कर्तव्यों के महत्व की है उन्होंने कहा कि गांधी जी मानते थे कि अधिकारों और कर्तव्यों के बीच घनिष्ठ संबंध हैं और इसलिए जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो अधिकार स्वतः ही सुरक्षित हो जाएंगे इस दो दिवसीय सम्मेलन का उदघाटन कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था सम्मेलन मे उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई गण्यमान्य लोग उपस्थित थे अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के आयोजन की शुरूआत उन्नीस सौ इक्कीस में की गई थी इस साल इसका शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है इस बार सम्मेलन का विषय है विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सौहाईपूर्ण समन्वय गतिशील लोकतंत्र की कंजी प्रदेश में कोरोना के बढते संक्रमण को देखते हए लखनऊ में निषेघाज्ञा लागू कर दी गई है हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने कोविड परीक्षण में तेजी लाने और एटीजन तथा आरटी पीसीआर जांच का अनुपात साठ और चालीस रखने के निर्देश दिए हैं राजधानी लखनऊ में एक दिसंबर तक निषेधाज्ञा जारी रहेगी लखनऊ में अब बिना प्रशासन की पूर्व अनुमति के कोई भी नया कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सकेगा इस बीच राज्य सरकार ने कल एक लाख अठहत्तर हजार से अधिक कोविड परीक्षण किये हैं जो अब तक की सर्वाधिक संख्या है अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने अपने क्षेत्रों में प्रभावित इलाकों की मैपिंग कराने के बाद सर्विलांस और फोकस टेस्टिंग के काम में तेजी लाए पिछले चौबीस घंटों में दो हजार तीन सौ अट्ठारह नए मामलों के साथ ही प्रदेश में सक्रिय कोविड मरीजों की संख्या पच्चीस हजार आठ सौ छिहत्तर हो गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार मुल्य समर्थन योजना के तहत किसानों से धान की सीधी खरीद करने के लिए गम्मीर है और धान खरीद में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी उन्होने कहा कि प्रदेश सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोपरि है किसानों के हितों की अनदेखी करने वालों की जवाबदेही तय करते हुए ऐसे लोगों की खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी मुख्यमंत्री आज लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर आहत एक उच्चस्तरीय बैठक में धान खरीद व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष की अपेक्षा अब तक डेढ़ गुना अधिक धान क्रय किया जा चुका है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की उन्तीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे

एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि जीवन यात्रा को प्रेरित करने वाली कई कहानियां और रोचक जानकारियां उन्हें पहले से ही मिली हैं प्र्यानमंत्री ने लोगों से नमो ऐप और माइ जीओवी पर अपने विचार साझा करने को कहा है एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर हिंदी या अंग्रेजी में अपने संदेश रिकार्ड कराए जा सकते हैं लोग एक नौ दो दो पर मिस कॉल कर एसएमएस के जरिए अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेज सकते हैं रिकार्ड किए गए कुछ संदेश प्रसारित भी किए जा सकते हैं भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुएल लेनिन ने आज गोरखपुर में गोरक्षनाथ मंदिर का भ्रमण किया इस दौरान उन्होंने नाथ सम्प्रदाय की विशेषताओं की जानकारी प्राप्त की इससे पहले उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में दर्शन पूजन भी किया मंदिर प्रबंधन ने श्री इमैनुएल को गीता प्रेस और नाथ संप्रदाय की गोरखनाथ मंदिर की धार्मिक और सांस्कृतिक पुस्तकें भेंट की